दूर संचार विमाग और भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई ने आज नई दिल्ली में एक संयुक्त वक्तव्य में कहा कि ये खबरे निराधार हैं वक्तव्य में यह भी कहा गया है कि मोबाइल का इस्तेमाल करने वालों के बीच अनावश्यक रूप से डर की भावना पैदा की गई है यह भी स्पष्ट किया गया है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में यह नहीं कहा है कि आधार कार्ड के जरिए लिए गए मोबाइल नम्बरों को काटना होगा वक्तव्य में आगे कहा गया है कि दूरसंचार विभाग और यूआईडीएआई एक मोबाइल ऐप के जरिए नये सिम कार्ड जारी करने के लिए बाघा रहित डिजिटल व्यवस्था तैयार कर रहे हैं और यह आधार मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के पूरी तरह अनुकूल होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इक्कतीस अक्तूबर को लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण करेंगे यह विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है और इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है इक्कतीस अक्तूबर को सरदार पटेल की जयंती है इस प्रतिमा को गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित साध् बेट द्वीप पर बनाया गया है गुजरात के उपमुख्यमंत्री नीतिन पटेल ने गांधीनगर में बताया कि राज्य सरकार इस ऐतिहासिक आयोजन को बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारी कर रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज कहा कि सरकार को उचित और जरूरी कानून बनाकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए नागप्र में विजयदशमी के अवसर पर अपने वार्षिक संबोधन में श्री भागवत ने कहा कि आत्मसम्मान की दु ष्टि से मंदिर का निर्माण जरूरी है और इसके बनने से आपसी सद्भाव और मेलजोल का माहौल बनेगा केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि स्कूलों को मान्यता देने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नियमों में सुधार किया गया है इससे सीबीएसई के कामकाज में पारदर्शिता और प्रक्रिया आसान हो जाएगी नई दिल्ली में श्री जावडेकर ने कहा कि सीबीएसई ने स्कूलों को मान्यता देने और राज्यस्तरीय अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के नियमों में बदलाव किया है ताकि गैर जरूरी चीजों की प्नरावृत्ति न हो

मिर्जापुर जिले में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ विन्ध्याचल में श्रद्वालुओं की भारी भीड़ एकत्र है नौ दिनों से चल रहे नवरात्र मेले में वहां अब तक बाईस लाख से अधिक श्रद्वाल् माता विन्ध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन कर चुके हैं हमारे मिर्जाप्र प्रतिनिधि के अनुसार त्रिकोण पथ पर श्रद्वालुओं की भारी भीड़ लगी है बलरामपुर के देवीपाटन शक्ति पीठ नैमिषारण्य की मॉ ललिता देवी वाराणसी के दुर्गाकुण्ड सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों पर मॉ शाकृम्भरी देवी गोरखपुर में तरकुलहा देवी और महराजगंज जिले में लेहड़ा देवी मंदिर पर आज नवरात्र के आखिरी दिन दर्शन पूजन के लिए श्रद्वाल्ओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी उधर दुर्गा पूजा महोत्सव भी आज चरम पर है सभी दुर्गा पाण्डालों में पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं पाण्डालों की आकर्षक साज सज्जा की गयी है कल प्रदेश भर में विजयादशमी यानी दशहरा का पर्व मनाया जायेगा प्रदेश के विभिन्न भागों में विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों में दशहरा मेलो के आयोजन की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गयी हैं कल ही असत्य अन्याय के प्रतीक रावण मेघनाद और कुम्मकर्ण के पुतले जलाए जायेंगे दशहरा पर्व पर गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर द्वारा निकाली जाने वाली शोमायात्रा की भी इस बार व्यापक तैयारियां की गयी है बताया गया है कि गोरक्षपीठ के महन्त और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शोमायात्रा में शामिल होंगे वाराणसी में दशहरा के उपलक्ष्य में अनंत नारायण ने रामनगर दुर्ग में विधी क्विान से अस्त्र शस्त्र के पूजन के उपरांत किले से विजय जुलूस निकाला जिसमें अस्त्र शस्त्र से लैस लोग हाथी घोड़े पर सवार होकर नगर के प्रमुख मार्गो का भ्रमण करने के पश्चात किले में वापस लौट आये प्रदेश के तीन बार मुख्यमंत्री रहे वयोवृद्व कांग्रेस नेता नारायण दत्त तिवारी का आज दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया वह तिरान्नबे वर्ष के थे श्री तिवारी लम्बे समय से बीमार चल रहे थे उत्तराखण्ड में सत्रह अक्टूबर उन्नीस सौ पच्चीस को नैनीताल ज़िले के बलोती गांव में जन्मे श्री तिवारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे भारत छोड़ो आन्दोलन में जेल जाने वाले श्री तिवारी ने आजादी के बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री तिवारी के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है महराजगंज जिले के कॉग्रेस नेता त्रिमुवन नारायण और रामप्यारे प्रसाद ने भी श्री तिवारी के निधन पर दुख जताया है